विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की अन्तिम वर्ष की कक्षाओं कोचिंग सेन्टर तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी इसी तारीख से खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं

शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा सभी संस्थानों में हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है

चार जिलों भरतपुर दौसा झुंझुनूं और करौली में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

शिक्षा विभाग ने कल देर रात तबादला सूची जारी कर दी है

विभाग की वेबसाइट पर सूची अपलोड कर दी गई है राज्य में बर्ड फ्लू के कई मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी पशुपालन विभाग और वन विभाग के दिशा निर्देश में टीमें सैंपल लेने तथा जांच के लिए भोपाल भिजवाए जाने का कार्य लगातार कर रही हैं

वन विभाग और पशुपालन की टीम भी मौके पर पहुंची पशुपालन टीम की ओर से प्रथम द्र ष्टया बताया गया कि बर्ड फ्लू का मामला नहीं है क्योंकि मृत पक्षियों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने भी कल एक समीक्षा बैठक कर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए अलग से पुलिस थाना बनाने के सबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अस्पताल की सुरक्षा और अन्य अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यहां केवल एक पुलिस चौकी है जो अपर्याप्त है वहीं अस्पताल में चिकित्साकर्मियों और परिजनों के बीच तनाव तथा अशांति की घटनाएं सबसे अधिक चिंता का विषय है डॉ शर्मा ने निवेदन किया है कि वर्तमान में एसएमएस अस्पताल परिसर शहर के दो थानों के बीच विभक्त है जिससे अशांति की स्थिति में पुलिस को निर्णय लेने में देरी हो जाती है इसे देखते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए अगल से पुलिस थाने की आवश्कता है

प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी का असर तेज हो गया है आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई है जयपुर झुंझुनूं सीकर अलवर चूरू श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के समाचार हैं कई स्थानों पर शीतलहर और घना कोहरा छाने से जन जीवन भी प्रभावित है मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ एक बार फिर माउंट आबू में पारा जमाव बिन्दू से नीचे चला गया है